मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

जयपुर ग्रेटर जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण नगर निगमों में होने वाले चुनाव के लिये निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर लीं हैं और आज मतदान दल मतदान केन्द्रों पर पहुंचना शुरू हो गये हैं चुनाव आयुक्त पीएसमेहरा ने कोरोना संबंधी सभी दिशा निर्देशों की पालना करते हथे सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान की अपील की है उन्होने कहा कि मतदाता सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ मतदान के लिये समय निकालें

मतदान केन्द्रों पर बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जायेगा

हमारे कोटा संवाददाता ने बताया कि आज अंतिम दिन प्रत्याशियों ने घर घर जाकर मतदाताओं को रिझाने का पूरा प्रयास किया वहीं मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया राज्य विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हुआ कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुये सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल स्थगित कर दिया गया है

इनमें से तीन विधेयक केन्द्र सरकार की ओर से पिछले दिनों कृषि सुधार के लिये लाये गये कानूनों के संदर्भ में पेश किये गये हैं

सदन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तथा सदस्यों और कुछ अन्य नेताओं के निधन पर उन्हें श्रद्वांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई बाद में सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुये विपक्ष के उप नेता राजेन्द्र राठौड ने कृषि से जुड़े केन्द्रीय कानूनों में बदलाव के लिये लाये गये विधेयकों पर कड़ी आपत्ति की और कहा कि भाजपा सदन में और इसके बाहर इन विधेयकों का विरोध करेगी

भरतपुर संभाग के चार जिलों तथा जयपुर जिले की पांच तहसीलों में इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई है संबंधित जिलों में अतिरिक्त प्रलिस बल तैनात किया गया है

इधर गुर्जर समाज में भी आंदोलन को लेकर दो गुट बन गये हैं एक गुट का नेतृत्व कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला कर रहे हैं जो आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं

कैबिनेट सब कमेटी के सदस्यों ने इन नेताओं के साथ कल रात और आज दोपहर चर्चा की सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच तीसरी दौर की बातचीत जारी है स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने आज संवाददाताओं को बताया कि सभी बड़े मुद्दे हल हो चुके हैं इसके बावजूद बातचीत के लिये सरकार के दरवाजे खूले हैं

आकाशवाणी समाचार जयपुर की विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के माध्यम से श्रोता कोरोना जनजागरुकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं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

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस मौके पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आर्ज सुबह गुजरात के केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में आयोजित एकता दिवस परेड में अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के बढते खतरे के खिलाफ एकजुट होने की अपील की

राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सरदार पटेल को श्रद्वांजलि अर्पित की प्रदेश में आज सरदार पटेल की जयंती को अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये

चूरू में एक कार्यक्रम में सरदार पटेल को श्रद्वांजलि दी गई धौलपुर में सामूहिक दौड़ संपन्न हुई देश आज पूर्व प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्वापूर्वक याद कर रहा है

श्री रिजिजू ने आज ही जैसलमेर के तनोट माता मंदिर में दर्शन भी किये